कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ शुरू राज्यपाल ने की शोभा यात्रा की अगुवाई

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की लोगों से अपील प्लास्टिक फ्री इंडिया व स्वच्छ भारत अभियान में बढ़चढ़ कर करें योगदान दशहरा दशहरे का पर्व आज पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया यह दिन बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है भगवान श्री राम ने विजयादशमी पर ही रावण का वध किया था दशहरा पर्व के मौके पर राज्य के विभिन्न भागों में रावण मेघनाथ व कुंभकरण के पुतलों का दहन किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला के जाखू मंदिर परिसर में रावण दहन की रस्म निभाई उन्होंने लोगों को दशहरे की बधाई दी और उम्मीद जताई कि ये पर्व उनके जीवन में शांति व समृद्धि लाएगा मुख्यमंत्री ने लोगों से इस बार पर्यावरण मित्र मनाने की भी अपील की शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस अवसर पर मौजूद रहे सुजानपुर हमीरपुर जिले के सुजानपुर में भी दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे उन्होंने सभी लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं को विजय दशमी पर्व की बधाई दी कुल्लू दशहरा दूसरी ओर कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज से आरंभ हो गया है सप्ताहभर चलने वाले इस देव समागम में भाग लेने के लिए जिले के विभिन्न भागों से देवी देवता ढालपुर पहुंचे हैं उत्सव के शुभारंभ पर ढालपुर में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अगुवाई में भगवान रघुनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई उन्होंने लोगों को दशहरा उत्सव की बधाई दी शोभा यात्रा में वन मंत्री गोविंद ठाकुर विधायक सुंदर ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे हमारे प्रतिनिधि के अनुसार विजय दशमी से शुरू होने वाला कुल्लू दशहरा पूर्णिमा के दिन सम्पन्न होता है भगवान रघुनाथ जी के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि कुल्लू दशहरा उत्सव की अनूठी परम्पराएं हैं जिनका यहां निर्वहन किया जाता है कुल्लू आए सैलानियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आनंद लिया सैलानियों के अनुसार उनकी मेला देखने की इच्छा आज पूरी हुई है

इस अवसर पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया जगत प्रकाश नड्डा की धर्मपत्नी मलिका नड्डा सहित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती विधायक सुभाष ठाकुर जीतराम कटवाल और राजेन्द्र गर्ग सहित पार्टी के अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे

भारतीय वायु सेना अमरीका चीन और रूस के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना है

भारतीय वायु सेना का हिंडन केन्द्र एशिया में सबसे बड़ा और विश्व का आठवां सबसे बड़ा केन्द्र है आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया

इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए सोलन में संघ स्वयं सेवकों ने सशस्त्र परेड का आयोजन किया प्रांत कार्यवाहक सुनील ने सभी से नशे को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने पर बल दिया चंबा में भी संघ ने शस्त्र पूजन व पथ संचलन का आयोजन किया इस दौरान स्वयं सेवियों को हिन्दुत्व की शपथ भी दिलाई गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थापना दिवस सभी स्वयं सेवकों को बधाई दी है एम्स भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स चिकित्सा संस्थान का निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता से किया जा रहा है कार्य का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि ओपीडी ब्लॉक का निर्माण कार्य पूरा होने की ओर अग्रसर है और प्रशासनिक खंड का कार्य भी प्रगति पर है

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्लास्टिक फ्री इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान में बढ़चढ़ कर योगदान देने की अपील की है एक बयान में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार आम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए लगातार हर जरूरी कदम उठाने के साथ साथ भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है अनुराग ठाकुर ने लोगों को दशहरा पर्व की बधाई भी दी और कहा कि इस पावन अवसर पर सभी को स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए उन्होंने कहा कि हम सभी अपने आस पास व्याप्त छोटी छोटी बुराईयों और कुव्यवस्था के खिलाफ अभियान चलाकर इस पर्व को और सार्थक बना सकते हैं पर्यटन किन्नौर जिले के विभिन्न क्षेत्रों की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रशासन ने जगह जगह पर्यटन दिवस मनाने का निर्णय लिया है पूह के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार ने कहा कि इस पहल से सैलानी जिले की संस्कृति से भी रूबरू हो सकेंगे उन्होंने कहा कि पर्यटकों की आमद बढ़ने से स्थानीय लोगों विशेषकर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे

पालमुपर में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सार्थक बातचीत के बाद अब शिप शेयरर नियमित रूप से ऊन कटाई में जुट जाएंगे उन्होंने शिप शेयररों की समस्या के लिए वूल फैडरेशन के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया सेवादल धर्मशाला उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार के लिए कांग्रेस सेवादल ने पदाधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है

उन्होंने कहा कि इस दौरान पदाधिकारियों व सदस्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे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 हिमपात के चलते रोहतांग दर्रे पर बड़े वाहनों की आवाजाही आज दूसरे दिन भी बाधित रही पिछले कुछ दिनों के दौरान चोटियों पर हुए हिमपात के चलते राज्य के अनेक भागों में तापमान में गिरावट आई है

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी भी हुई है

साक्षरता स्टॉल राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की योजनाओं से लोगों को अवगत करवाने के लिए कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में प्रदर्शनी स्टॉल स्थापित किया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने आज इसका शुभारंभ किया